सुरक्षा बलों ने पटना में मणिपूर के तीन कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है मणिपुर की स्पेशल पुलिस ने पटना पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की इन तीनों कुख्यात अपराधियों पर मणिपुर के कई थानों में उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देने के मामले दर्ज हैं सेंट्रल रेंज डीआइजी राजेश कुमार ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के हार्डिंग रोड से इन कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है इन तीनों को मणिपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया है सूत्रों ने बताया कि पंद्रह अगस्त को मणिपुर में ये बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे इधर औरंगाबाद जिले में पुलिस ने तीन नक्सलियों को गिरफ्तार किया है इन नक्सलियों ने पिछले महीने जिले के अंबा थाना क्षेत्र के सांडा पुल उड़ाने के बाद पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी को उड़ाने की साजिश रची थी वहीं कई वर्षों से फरार मधुबनी निवासी उमर मदनी के घर पर ईडी की टीम ने इश्तेहार चिपकाया है दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने मदनी के खिलाफ वारंट जारी किया है सरकार से राशि लेकर शौचालय नहीं बनाने वाले तेरह सौ से अधिक लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है नगर विकास और आवास विभाग ने नगर निकायों से पहली किश्त का पैसा लेकर शौचालय निर्माण नहीं कराने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई की है इसके साथ ही शौचालय का निर्माण कार्य अध्रा छोड़ने वालों को भी नोटिस जारी किया गया है प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रति परिवार को शौचालय बनाने के लिये बारह हजार रूपये दिये जा रहे हैं इसमें पहली किश्त के रूप में सात हजार पांच सौ रूपये दिये गये थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश के सभी तालाब आहर पइन और कुएं दिसंबर तक अतिक्रमण से मुक्त हो जायेंगे पटना में आयोजित जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत जन जागरूकता अभियान की शुरूआत करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर और गांव कहीं भी मौजूद इन जल स्त्रोतों को कब्जा मुक्त करके इनकी उड़ाही करायी जायेगी और जीर्णोद्वार किया जायेगा इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जीविका दीदी की तरफ से तैयार किये गये जल जीव हरियाली के लोगो और स्लोगन जल जीवन हरियाली तभी होगी खूशहाली का अनावरण भी किया भागलपुर जिले के कहलगांव स्थित देश की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड की दो हजार तीन सौ चालीस मेगावाट वाले संयंत्र में नौकरी की मांग को लेकर करीब छह गांवों के भूमि विस्थापितों ने रेल लाइन पर धरना देकर संयंत्र में कोयले की आपूर्ति रोक दी है कहलगांव बिजली संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक एस गौरीशंकर ने बताया कि एनटीपीसी के पुराने कहलगांव बिजली संयंत्र के कारण प्रभावित छह से अधिक गांवों के भूविस्थापितो के द्वारा नारायण प्रर गांव के निकट एमजीआर रेल लाइन को जाम कर दिये जाने से इस्टर्न कोल फिल्ड ईसीएल की राजमहल परियोजना से यहां होने वाली कोयले की आपूर्ति ठप्प हो गई है नई दिल्ली में भारतीय खादी ग्राम उद्योग और एयर इंडिया के अधिकारियों की बैठक में भागलपुरी सिल्क स्टॉल खरीदने पर सहमति बनी है इस संबंध में एयर इंडिया की सूची भागलपूर के ब्नकर समितियों को भेजी गयी है पहली खेप में एयर इंडिया ने उन्नीस हजार आठ सौ बीस स्टॉल का ऑर्डर दिया है खादी ग्राम उद्योग संघ के जरिये भागलपुर की आठ ब्रनकर हस्करघा समितियां एयर इंडिया को स्टॉल आप्रर्ति करेगी एयर इंडिया में काम करने वाली एयर होस्टेज के गले में भागलपुर के बुनकरों द्वारा तैयार स्टॉल दिखेंगे बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी ने कहा है कि मदरसों में भी अब एनसीआरटी पाठ्यक्रम से पढ़ाई होगी इससे छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर पायेंगे गौरलतब है कि बोर्ड एक हजार एक सौ सत्ताईस मदरसों में तीन हजार तीन सौ चौरासी विज्ञान शिक्षकों को नियुक्त करने जा रहा है केंद्र सरकार की मदरसों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये विज्ञान शिक्षकों को रखने की योजना के तहत इन शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी भारत छोड़ों आंदोलन की सतहत्तरवीं वर्षगाठ पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार के छह स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया इन स्वतंत्रता सेनानियों में अरवल के राम एकबाल शर्मा और गया प्रसाद सिंह कटिहार के तारणी प्रसाद शाह तथा जानकी मंडल उर्फ परमानंद मंडल गया के विश्णदेव नारायण तथा सीवान के मुंशी सिंह शामिल हैं इस अवसर पर उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद थे पटना जीपीओ से जाली अकाउंट बनाकर लाखों रूपये निकासी के मामले में आरोपित डाक सहायक ने लगभग तीस लाख रूपये डाक विभाग को लौटा दिये हैं इस मामले में मुख्य आरोपित डाक सहायक मुन्ना कुमार राजेश कुमार शर्मा और सुजय तिवारी शामिल है जैसा कि मालूम है कि डाक विभाग में जाली अकाउंट बनाकर लगभग दो करोड़ रूपये के निकासी का मामला उजागर हुआ था मुंगेर में जिला सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से लोगों के मुश्किल भरे काम आसानी से हो रहे हैं

विभाग के सूत्रों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाली हवा का दबाव राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में बना हुआ है जम्मू कश्मीर मे अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटने के बाद हालात समान्य हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बिहार सहित देश के अलग अलग हिस्सों में तीर्थ यात्रियों के घर वापसी के लिये रेलवे ने पांच स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया है इनमें दो ट्रेनें बिहार के लिये चलायी जा रही है नवादा जिले के रोड थाने के जमादार कुसुम लाल पासवान को पटना से पहुंचे निगरानी दस्ते ने धावा बोलकर शुक्रवार की देर शाम थाने में ही तेरह हजार रूपये रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार कर लिया है बेगूसराय जिले के विशेष न्यायाधीश सह अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम धर्मशील श्रीवास्तव ने पॉक्सो अधिनियम के एक मामले की सुनवाई के बाद नाबालिग लड़की के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है प्रो कबड्डी लीग सातवें सीजन पटना लीग चरण के आखिरी मुकाबले में पटना पायरेट्स ने यूपी योद्धा को इकतालीस बीस से पराजित किया

वहीं दूसरी ओर मोतिहारी में आयोजित राज्य स्तरीय सुब्रतों मुखर्जी फ़्टबॉल प्रतियोगिता में मेजबान पूर्वी चंपारण ने भोजपुर को सात शून्य से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरो को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्द्रस्तान का शीर्षक है कश्मीर पर सच्चाई स्वीकार करे पाक दैनिक जागरण की सुर्खी बनाया है अयोध्या मामले की होगी रोजाना सुनवाई प्रभात खबर लिखता है जम्मू से धारा एक सौ चौवालीस हटायी गयी घाटी में आज से खुलेंगे स्कूल और अब अंत में मुख्य समाचार सुरक्षा बलों ने पटना में मणिपुर के तीन कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार